वे कृल पांच दिन प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे कल श्री मोदी भीलवाड़ा बेणेश्वरधाम और कोटा में जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सीकर जिले के फतेहपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेगें

वे कल जोधपुर अजमेर जैसलमेर और जालौर जिलों में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे

उनका करौली में भी सभा को सम्बोधित करने का कार्यक्रम है इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट आज झालावाड़ और बांरा में विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को सम्बोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर पाली नागौर और अजमेर में प्रचार करेंगे वहीं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलवर और राजगढ़ के अलावा मलसीसर उदयप्रवाटी और चिड़ावा में जनसभा को सम्बोधित करेगी

इस मौके पर प्रेस कांफेस में श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह सभा प्रदेश में विजय यात्रा के रूप में काम करेगी और फिर से भाजपा सरकार बनाने में कामयाब होगी

एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों को इस सरकार ने नजरअंदाज किया

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि तीनों ही नेताओं ने अमर्यादित बयान दिए हैं पार्टी ने इसके अलावा आरएएस अधिकारी राजेश चौहान के खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है

वहीं सवाईमाधोपुर जिले के खंडार विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी जितेन्द्र गोठवाल को इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर प्रसारित एक समाचार को पेड न्यूज मानते हुए नोटिस जारी किया है

इस सप्ताह के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर जागरूकता कार्यक्रम होंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि इस सप्ताह का नाम द म्यूजिक ऑफ डेमोकेसी रखा गया है

इस व्यक्ति ने सोने पर चांदी का लेप कर रखा था यह सोना पाकिस्तान से गुजरात ले जाया जा रहा था

प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों तथा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी यह उपलब्ध रहेगा हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा

उर्वरक मंत्रालय ने उर्वरक निर्माता कम्पनियों को कहा है कि वह प्रदेश में इस महीने में यूरिया की आवंटित मात्रा की आपूर्ति शत् प्रतिशत सुनिश्चित करें

गौरतलब है कि उर्वरक मंत्रालय ने यह कदम राजस्थान सरकार के यूरिया आपूर्ति सुनिश्चित करवाने सम्बन्धी आग्रह पर उठाया है